दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के श्रमिकों को वापस लाने की तैयारियां जारी श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के आठ रेलवे स्टेशन को चिन्हांकित किया वकीलों की आर्थिक मदद को लेकर लगाई गई याचिका पर आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई महाधिवक्ता ने कहा कि वकीलों के कल्याण के लिए जल्द ही योजना बनाई जाएगी केन्द्र सरकार ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लिए वार्षिक रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर तीस सितंबर की

हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं पर रोक नहीं लगेगी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मई महीने के सभी शनिवार और रविवार को प्रदेश में लॉकडाउन करने का सुझाव दिया था जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सहमति दे दी है शनिवार और रविवार को इस लॉकडाउन के दौरान सब्जी दूध चिकित्सा सहित अन्य अत्यावश्यक सेवाओं को चालू रखा जाएगा

इस तरह राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर तेईस हो गई है दूर्ग में कल एक महिला कोरोना पॉजीटिव पाई गई जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी गंभीर सिंह ठाकुर ने इस मामले की पुष्टि की है उन्होंने बताया कि छब्बीस वर्षीय यह महिला फरीदनगर सुपेला की रहने वाली है बताया जाता है कि यह महिला अपने दो साल की बच्ची के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए करीब पंद्रह दिन पहले नागपुर गई थी इसके बाद अलग अलग वाहनों से लिफ्ट लेकर यह महिला दुर्ग पहुंची मामले की सूचना मिलते ही महिला की कोरोना जांच कराई गई बीती देर रात एम्स रायपुर ने इस महिला के कोरोना पॉजीटिव होने की जानकारी दी इस महिला को इलाज के लिए एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया है इस महिला की बच्ची और उसके परिवार के पच्चीस सदस्यों की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है जिला प्रशासन द्वारा महिला के परिवार के बारह अन्य सदस्यों को क्वारेंटाइन कर दिया गया है साथ ही फरीदनगर को कंटेन्मेंट जोन घोषित कर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है भिलाई निगम आयुक्त रितुराज रघुवंशी के साथ अन्य अधिकारी बीती रात करीब एक बजे फरीदनगर क्षेत्र में पहुंचे और यहां सेनिटाईजेशन का काम पूरा किया गया इस क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी कारण से घरों से बाहर निकलना प्रतिबंधित कर दिया गया है पुलिस पेट्रोलिंग और सर्विलांस के जरिये हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है क्षेत्र में आज सुबह से ही स्वास्थ्य कमर्चारियों की बारह टीमें सर्वे को काम में जुट गई हैं

जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि इन मरीजों के चालीस परिजनों के नमूने भी जांच के लिए भेजे गए थे जिनमें से पच्चीस लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है जबकि बाकी सदस्यों की रिपोर्ट आज देर रात तक आने की संभावना है गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक उनसठ कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं इनमें से छत्तीस मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है जबकि तेईस मरीजों का इलाज एम्स रायपुर में चल रहा है

इन श्रमिकों को छत्तीसगढ़ लाने के लिए राज्य सरकार ने आठ रेलवे स्टेशन बिलासपुर चांपा विश्रामपुर जगदलपुर भाटापारा रायपुर दुर्ग और राजनांदगांव के नाम प्रस्तावित किए हैं परिवहन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने रायपुर के डिवीजनल रेलवे मैनेजर को पत्र लिखकर रेल मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार सभी व्यवस्थाओं का आंकलन करने को कहा है उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ आने वाले श्रमिकों को चिन्हांकित रेलवे स्टेशनों पर उतारा जाए इसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण कर बस के माध्यम से इन्हें उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जाएगा डॉक्टर सिंह ने कहा कि इन श्रमिकों को क्वारेंटाइन में रखने की व्यवस्था भी की जाएगी कोरोना कोटा बच्चे राजस्थान के कोटा से छत्तीसगढ़ लौटे बच्चों को अब क्वारेंटाइन सेंटर से होम आइसोलशन में शिफ्ट किया जा रहा है कल शाम से ही इन बच्चों के अपने घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है कोरिया जिले के बच्चों को आज बैकुंठपुर जिला मुख्यालय लाया गया जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें उनके निवास के लिए रवाना कर दिया गया वहीं दुर्ग और राजनांदगांव जिले के बच्चे भी अपने घर पहुंच गए हैं इससे पहले कल रायपुर के इंडोर स्टेडियम में रखे गए बच्चों को उनके घरों के लिए रवाना किया गया ये सभी बच्चे घर पहुंचकर काफी प्रसन्न दिखे इन बच्चों को अब चौदह दिनों तक होम आईसोलेशन में रहना होगा

वहीं दूसरी ओर जरूरतमंद लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन के समक्ष पहुंच रहे हैं धमतरी जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को चकमक अभियान के तहत मनोरंजक तरीके से पढ़ाया जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन बच्चों के अभिभावकों के मोबाइलों में डिजिटल पाठ्यक्रम भेज रहे हैं बच्चे भी बाल गीत कविता और कहानियों को रोचक तरीके से सुनना काफी पसंद कर रहे हैं वहीं भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की महासमुंद जिला इकाई ने जिला श्रम अधिकारी और कर्मचारियों को मास्क सेनिटाईजर और साबुन का वितरण किया साथ ही रेडक्रॉस वॉलेंटियर्स ने कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक कर अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित भी किया महासमुंद में एक वरिष्ठ समाजसेवी धरमचंद ने कोरोना वायरस के निपटने के लिए एक लाख रूपये की रकम दान में दी है उन्होंने जीवनदीप समिति जिला चिकित्सालय को यह आर्थिक सहायता प्रदान की है महासमुंद जिला ग्रीन जोन में है इसे देखते हुए जिला कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने हफ्ते में दो दिन मंगलवार और शनिवार को फुटवेयर की दुकानें खोलने की अनुमति दी है ये दुकानें सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक खुली रहेगी वहीं महासमुंद में रिथत वृद्वाश्रम आशियाना में जिले के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर और वरिष्ठ अधिकारियों ने बुजुर्गो को कोरोना वायरस से बचाव के प्रति जागरूक किया साथ ही बुजुर्गों को फल का वितरण भी किया गया

इस संबंध में चेम्बर के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है इसी जिले में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का संचालन भी बेहतर ढंग से किया जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिले के बघेरा कलडबरी और परसबोड़ सहित अन्य गांवों में योजना के तहत घर घर जाकर पोषण आहार का वितरण कर रही हैं

उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में अधिक से अधिक संसाधन जुटाकर सतर्कता और सावधानी के साथ एकजुट होकर सभी विभागों के बीच समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है श्री सिंहदेव ने यह बात मुंबई स्थित अमेरिका के वाणिज्यिक दूतावास के कॉन्सल जनरल डेविड जे राज से चर्चा के दौरान कही

हाईकोर्ट के न्यायाधीश आरसीएस सामंत और न्यायाधीश संजय एस अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से वकीलों की मदद के लिए योजना के बारे में जानकारी मांगी जवाब में महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने बताया कि ट्रस्टी कमेटी की बैठक हुई है और वकीलों के कल्याण को लिए जल्द ही योजना बनाने का कार्य हो रहा है उन्होंने बताया कि आर्थिक मदद के लिए आवेदनों की छंटनी की जा रही है इसके बाद जरूरतमंद वकीलों को राशि वितरित की जाएगी महाधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई तक सभी वकीलों को मदद प्रदान कर दी जाएगी हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई पच्चीस मई को होगी मुख्यमंत्री राजस्व बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगामी खरीफ मौसम के मद्देनजर शत प्रतिशत और सटीक गिरदावरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरदावरी में कोताही और रिपोर्ट में गड़बड़ी के मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे श्री बघेल ने अधिकारियों को किसानों की धारित भूमि और बोयी गई विभिन्न प्रकार की फसलों की वास्तविक रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैदानी अमले को जरूरी दिशा निर्देश जारी करने को कहा है उन्होंने राजस्व विभाग के कई मामलों के निराकरण के लिए भूमि के नक्शे के जियो रिफरेसिंग की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए उन्होंने भूमि के नामांतरण प्रक्रिया को भी सरल करने की जरूरत बताई बैठक में राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने बताया कि खरीफ फसल की गिरदावरी आगामी तीस सितंबर तक पूरा करने और पंद्रह अक्टूबर तक दावा आपत्ति के निराकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उन्होंने बताया कि गिरदावरी के लिए मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड ने वित्त वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए जीएसटी ऑडिट और वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख तीस सितम्बर कर दी है वहीं केन्द्र सरकार ने चौबीस मार्च को या उससे पहले के सभी ई वे बिल भरने की तिथि भी इकतीस मई तक बढा दी है पहले इनकी वैधता बीस मार्च से पंद्रह अप्रैल के बीच समाप्त होनी थी इस छूट से सड़क परिवहन के माध्यम से माल की निर्बाघ आपूर्ति और आवाजाही हो सकेगी माओवादी सहयोगी गिरफ्तार कांकेर पुलिस ने माओवादियों को मदद पहुंचाने वाले एक और आरोपी को राजनांदगांव से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है इस मामले में अब तक कुल आठ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है माओवादियों की मदद करने के मामले में तीन और लोगों के नाम सामने आए हैं इन आरोपियों की तलाश जारी है पुलिस के अनुसार अब तक जिन आठ लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन पर माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में ठेकेदारी का काम करने के दौरान माओवादियों की मदद करने का आरोप है बीती देर रात राजनांदगांव से जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया वह माओवादियों के लिए जूता सप्ताई करता था जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि राजनांदगांव से इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस मामले की जांच एसआईटी की टीम कर रही है कोरोना मनरेगा राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत मजदूरी का कार्य मिलने से लॉकडाउन के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी बेहतर बताई जाती है आधिकारिक जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के बाद केवल अप्रैल महीने में ही नये और पुराने विकास कार्य के तहत ग्रामीणों को पांच सौ अड़तालीस करोड़ रूपये से अधिक की मजदूरी का भुगतान किया गया है साथ ही सरकार की ओर से सामग्री मद में भुगतान के लिए दो सौ दस करोड़ रूपये जारी किए गए हैं वहीं पचास दिनों के अतिरिक्त रोजगार के लिए करीब सतहत्तर करोड़ रूपये की राशि भी जल्द जारी की जाएगी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने बताया कि राज्य की मनरेगा इकाई और ग्राम पंचायतों ने मिशन मोड पर काम करते हुए अप्रैल महीने में ही करीब एक करोड़ तेईस लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन किया है इस दौरान अधिकारियों द्वारा कार्यस्थलों का सतत् निरीक्षण किया जा रहा है कोरोना बिहान जगदलपुर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की महिलाओं ने लॉकडाउन के दौरान सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है इन महिलाओं ने अपने मेहनत और लगन से बड़ी संख्या में फेस मास्क बनाकर न केवल लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने में मदद की है बल्कि इसके जरिये करीब तीन लाख रूपये की आमदनी अर्जित कर खुद को भी आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है जिले में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बड़ी संख्या में मास्क की जरूरत थी इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से बिहान के तहत बने महिला समूहों को मास्क बनाने का काम सौंपा गया जिले में इकतालीस समूहों की सौ से अधिक महिलाओं ने अब तक पैंतालीस हजार से अधिक मास्क बना लिए हैं इतना ही नहीं बिहान की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सखी की भूमिका भी बखूबी निभा रही हैं इन महिलाओं ने ग्यारह सौ से अधिक बैंक ग्राहकों के साथ करीब साढ़े पंद्रह लाख रूपये का लेनदेन किया है मौसम बीते चौबीस घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित कोंडागांव पखांजूर अंतागढ़ सहित कृछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई राजधानी में आज दोपहर में बादल छाए और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है संक्षिप्त समाचार कल बुद्ध पूर्णिमा है राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए भगवान बुद्ध के आदर्शो पर चलने की अपील की है

इस संबंध में मुख्य सचिव आरपी मंडल ने विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं सरगुजा जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई जबकि सीएएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है गरियाबंद जिले के हरदी गांव में प्रशासन की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने की तैयारियों को जांचने के लिए मॉकड्रिल की गई

गौरतलब है कि रायपुर के आमानाका क्षेत्र को कंटन्मेंट क्षेत्र घोषित किया गया है इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन द्वारा न सिर्फ महाविद्यालय खोला गया बल्कि सभी कर्मियों को कॉलेज आने का आदेश दिया गया